इस समय राज्य में सक्रिय मरीजों की कल संख्या दस हजार चार सौ तिरसठ है रिकवरी रेट सरसठ दशमलव पांच शून्य फीसदी हो गया है

प्रदेश में कोर्रोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा बढ़कर तीन सौ बासठ हो गया है

राज्य सरकार ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों की दरें तय कर दी है जिसके तहत अब झारखंड के सभी जिलों को तीन कैटेगरी में बांटा गया है

स्वास्थ्य विभाग की ओर से क्छ प्रकार की जांच की भी दर तय की गयी है

उपायक्त भोर सिंह यादव ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और डॉक्टरों के साथ समीक्षा बैठक के बाद यह जानकारी दी उन्होंने कहा कि संस्थागत प्रसव में इस वर्ष अप्रैल से जुलाई माह तक गोड्डा जिले में काफी कमी देखी गई है

अधिकारियों ने कहा कि सहिया और आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के सहयोग से शत प्रतिशत लक्ष्य सुनिश्चित किया जाएगा स्वास्थ्य विभाग को टीबी मलेरिया कालाजार जन आरोग्य योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना पर भी विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए गए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण एनजीटी के निर्देश पर पश्चिमी सिंहभुम जिले के रोरो एस्बेस्टस माइंस के प्रभावित क्षेत्र की हरियाली दुबारा वापस लौटाने की दिशा में प्रयास तेज किया गया है एनजीटी के निर्देश पर राज्य स्तर पर मुख्य सचिव एवं प्रमंडल स्तर पर आयुक्त की अध्यक्षता में गठित कमिटी इस मामले की निगरानी कर रही है इसके साथ साथ जिला स्तर पर उपायुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति इस मामले को क्रियान्वित करेगी संबंधित कमेटी वर्षो से बंद पडे रोरो एस्बेस्टस माइंस के प्रदृषण स्तर का पता लगाते हए इस पर एक्सपर्ट एजेंसी से पर्यावरण को हए नुकसान का आकलन कराने का फैसला लिया है उपायुक्त श्री राजकमल ने बताया कि अगले सप्ताह कैंप लगाकर दावों का निपटारा भी किया जाएगा जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग के मानकों का भी पालन कराया जाएगा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान के तहत हजारीबाग जिले में प्रवासी मजदूरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में प्रयास किया जा रहा है इसके तहत होली क्रॉस कृषि विज्ञान प्रशिक्षण केंद्र में टाटीझरिया प्रखंड के उनचालीस से अधिक प्रवासियों को फल और संब्जियों के उत्पादन प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन विषय पर तीन दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया प्रशिक्षण के माध्यम से उद्यान वैज्ञानिक डॉ प्रशांत वर्मा ने आल प्याज टमाटर के भंडारण प्रसंस्करण की चर्चा की जिला उद्यान पदाधिकारी डॉ रवि शंकर ने फल फूल मसाले की खेती और उसके प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन के उपायों सहित मार्केटिंग की जानकारी दी मृदा वैज्ञानिक डॉ मनोज सिंह ने मिट्टी जाँच के महत्व को बताया

बंगाल की खाड़ी में बने लो प्रेशर का असर झारखंड में दो दिनों से दिख रहा है राज्य के कई जिलों में रूक रूक कर बारिश हो रही है

राज्य में सभी नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है जिससे निचले इलाके पुरी तरह से जलमग्न हो गए हैं वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद की आज बैठक होगी इसमें वस्तु और सेवा कर के कार्यान्वयन से हए राजस्व के नुकसान के लिए मुआवजे पर विचार किया जाएगा

सिटी एसपी सुभाष चंद्र जाट ने अखाड़ा समितियों के साथ बैठक कर गाइडलाइन जारी की दुर्गा पूजा में भी किसी तरह का पंडाल नहीं बनेगा लेकिन मंदिरों में पूजा होगी